इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ सैंतालिस शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉक्फ्रेंस के माध्यम से ये पुरस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि रिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वे देश के जागरूक नागरिक बन सकें तब्राशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्यगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता है जो प्रवृद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्वार्थी को अच्छा इंसान बनाना जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में ससम हो श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार योग्य शिक्षकों के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में शिक्षण व्यवसाय में प्रत्येक स्तर पर प्रतिभावान लोगों का चयन करने का प्रयास करना होगा राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे बच्चों को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने का प्रयास है और इसे विभिन्न पक्षकारों की राय पर विचार करने के बाद तैयार किया गया है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में लगभग चालिस प्रतिशत महिलाएं हैं उन्होंने शिक्षा प्रदाता के रूप में महिलाओं की भुमिका की प्रशंसा की इस अक्सर पर शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे श्री निशंक ने अपने संबोधन में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंधों पर बल दिया विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी व शिक्षक के बीच अपनापन का भाव यह एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान को परोसती है बल्कि जीवन जीने की कता को भी सिखाती है मिट्टी को सोना में परिवर्तित करने की कला सिर्फ और सिर्फ शिक्षक में ही है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार नई शिक्षा नीति में व्यक्त की गई प्रतिबद्दता के अनुरूप शोध और नवोन्मेष के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध करायेगी श्री जावडेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति में आधारमूत और तकनीकी साक्षरता पर जोर दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयन्ती पर आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर पृष्प अर्पित किये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृह मंत्री सुचना और प्रसारण मंत्री तथा केंद्रीय रिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस पर देशमर के शिक्षकों को श्रमकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन विख्यात दार्शनिक भी थे और उन्होंने कहा था कि शिक्षक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल शिक्षा प्रदान करता है बल्कि छात्रों में नैतिक मुल्यों का भी संचार करता है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने भारत के दुसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयती पर श्रद्वांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर अध्यापकों को बधाई दी है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा है कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनका कृतज्ञ है प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्वांजलि भी अर्पित की प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षको को बधाई दी है सरकार ने कहा है कि देश में कोविड नाइन्टीन के मरीजों के ठीक होने की दर सतहत्तर दशमलव दो तीन प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या इकत्तीस लाख से अधिक हो गई है स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्वि से देश में कोविड मामलों की संख्या में कमी आई है और अब यह क्ल मामलों का इक्कीस दशमलव शुन्य चार प्रतिशत हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की इक्यानबवीं पृण्य तिथि पर आयोजित श्रद्दाजलि समा को सम्बोधित करते हए कहा कि कोरोना का मतलब सब कुछ बंद करना नहीं है चनौतियों से भागने से नहीं चनौतियों के आगे चलने से सफलता मिलती है कोरोना कालखंड ने हमें नई सम्मावनाएं भी दी हैं तकनीक से आम आदमी के जीवन को आसान बनाया जा सकता है कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहंचाया जा सकता है कोरोना संकट के बीच गरीबों तक अनाज और अन्य सुविघाए पहुंचाए जाने और खाते में सीधी मदद का उल्लेख करते मुख्यमंत्री ने तकनीक के बढ़ते महत्व के बारे में विस्तार से बात की उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में मानवता की सेवा के लिए सभी का आह्वान किया सभा के दौरान उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ जी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की